संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर

प्रधानमंत्री आज खंडवा और इंदौर में करेंगे जनसभाएं

इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राधामोहन सिंह डॉक्टर हर्षवर्द्वन मेनका गांधी नरेन्द्र सिंह तोमर कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह शामिल है पूर्व किकेट खिलाडी और भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ज्योतिर्रादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और मुक्केबाज विजिदर सिंह शामिल है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल है छठे चरण के मतदान के लिए एक लाख तेरह हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं चुनाव को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं

मतदान अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने प्रदेश में तीसरे चरण के संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है कि मतदान अवश्य करें उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक मतदाता का मत महत्वपूर्ण है प्रत्येक मतदाता स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करें श्री कांताराव ने कि प्रदेश में इस बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग बुजुर्ग गर्भवती एवं धात्री महिला मतदाताओं को विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं इनके लिये मतदान केन्द्रों पर रैम्प छाया पीने के पानी शौचालय छोटे बच्चों के झूलाघर सहयोग के लिये स्वयंसेवी आदि सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं ऐसे मतदाता बिना कतार में लगे मतदान कर सकेंगे

यह समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हें

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इन्दौर और खंडवा के छैगॉवमाखन में रैलियों को संबोधित करेंगे श्री मोदी कल भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे रतलाम झाबुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी गुमान सिंह डामोर मंदसौर प्रत्याशी सुधीर गुप्ता और उज्जैन प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में रतलाम में रैली करेंगे इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने प्रदेश में तीन जनसभाओं को संबोधित किया खरगौन में श्री गांधी ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों के जंगल जमीन दोनो छीन लिये है उन्होने कहा कि भाजपा सरकार किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे है वे कांग्रेस उम्मीदवार गोविन्द मुजाल्दे के समर्थन में सभा कर रहे थे उन्होंने धार जिले के अमझेरा में आम सभा को संबोधित करते हुए राफेल नोटबंदी जीएसटी सहित अनेक मुद्दों पर केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की आलोचना की

श्री मोदी अब अच्छे दिनों की बात नहीं करते है श्री गांधी ने कहा कि हमने किसानों से कर्ज माफी का वायदा दो दिन में पूरा किया है इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे

वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्ध ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को निराश किया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा कल रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जनसभा और इन्दौर में रोड शो करेंगी

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल देवास और इंदौर में प्रबुद्धजनों से चर्चा करेंगे

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगौन और इंदौर में प्रचार करेंगे

इन लोकसभा क्षेत्रों के तहत आने वाले जिलो में निर्वाचन में लोगों की भागीदारी बढाने के लिये प्रयास किये जा रहे है इसी के तहत आज इंदौर में साइक्लोथोन का आयोजन किया गया है इसमें खास तौर से शहर के युवा भाग ले रहे है उधर खंडवा में आज मतदाता जागरूकता के लिये एक शाम लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिले के स्वीप प्रभारी नीलेश रघुवंशी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सपरिवार इसमें शामिल हो धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शहर में साइकल रैली का आयोजन किया गया जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह ने साइकल चलाकर इस रैली का नेतृत्व किया नीमचखरगौन अलीराजपुर बडवानी बुरहानपुर में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुम्बई इंडियंस के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा यह मैच शाम सात बजकर तीस मिनट पर शुरू होगा मुंबई ने पहले क्वालीफायर में चेन्नई को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था जबकि चेन्नई ने शुक़वार रात खेले गये दूसरे क्वालीफायर में डेल्ही कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी आईपीएल के इस सीजन में मुंबई से चौथी बार भिड़ने वाली चेन्नई अभी तक मुंबई टीम से जीत नहीं पाई है इससे पहले भी इन दोनों टीमों के बीच चार बार खिताबी मुकाबला हुआ है

इनमें चेन्नई की हार हुई थी जबकि तीन बार की चैंपियन चेन्नई टीम ने आठवीं बार फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया है

संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है नजर

प्रधानमंत्री आज खंडवा और इंदौर में करेंगे जनसभाएं